सरकार ने कहा वित्तीय वर्ष आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं

इन दस्तावेजों में फिटनेस प्रमाण पत्र सभी प्रकार के परमिट ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण या मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं

वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग से कल जारी अधिस्चना भारतीय स्टैम्प अधिनियम में क्छ संशोधनों से संबंधित है इसका उद्देश्य शेयर बाजारों से प्रतिभूति लेन देन पर स्टैम्प शुल्क संग्रह की क्शल और प्रभावी व्यवस्था करना है

मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के क्छ वर्गो में भ्रामक खबर आ रही थी कि वित्तीय वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है भारतीय स्टैम्प अधिनियम में संशोंधनों के बारे में केन्द्र से कल जारी अधिसूचना का गलत हवाला देकर यह भ्रम फैलाया जा रहा था

निर्धारित शुल्क क्रेडिट कार्ड डेविड कार्ड नेटबैंकिग यूपीआई और पेटीएम से भुगतान किये जा सकते हैं

अफवाहों का खंडन सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया में क्छ ऐसी खबरें आ रही है जिनमें क्छ खादय पदार्थो की पीएच वैल्यू बतायी जा रही है इनमें कहा जा रहा है कि अल्कालाईन खादय पदार्थों का अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें पीएच स्तर अधिक होता है जो कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है ये खबरें वायरोलॉजी एण्ड एंटी वायरल रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित एक शोध अध्यन के हवाले से दी जा रही है ऐसी खबरें सही नहीं हैं इन खबरों में जिस शोध अध्ययन का हवाला दिया जा रहा है वह प्री तरह किसी अन्य कोरोना वायरस के बारे में है पीएच वैल्यू के बारे में इस रिपोर्ट में कई तथ्यात्मक खामियां हैं

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिये उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखने के निर्देश भी दिये कि खाद्यान्न और अन्य सामग्री में ओवर रेटिंग की शिकायत ना हो मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों से भी स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली होम क्वारंटाइन चमोली चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज रोपा बछेर और आसपास के गांवों का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी ली कि होम क्वारंटाइन में रह रहे लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली और पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने की सख्त हिदायत दी

ये सभी लोग अपने घरों में अलग से रह रहे हैं और होम क्वारेन्टाइन का पालन कर रहे हैं

कोरोना पौडी कोरोना वायरस के रोकथाम और प्रभावी नियंत्रणअन्श्रवण के पौड़ी गढ़वाल के जिला प्रभारी मंत्री डा हरक सिंह रावत ने आज कोटदवार में आवश्यक वस्त् सामग्री की पूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने वाले संगठनों और लोगों का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि जो लोग जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं वो प्रशासन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे

म्ख्यमंत्री की पत्नी सुनीता रावत और बेटियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चेक दिये हैं वहीं प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा म्ख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि जमा की जाएगी भाजपा समाज सेवा प्रदेश में लॉकडाउन के चलते भारतीय जनता पार्टी की ओर से जरूरतमंदों तक खाद्यान्न और अन्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है

इसे मोदी किट का नाम दिया गया है इसके अलावा देहरादून हरिद्वार पौड़ी नैनीताल उधम सिंह नगर जिलों में मोदी रसोई स्थापित की गई हैं जहां निरंतर जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है कोरोना में मानवता लॉकडाउन के कारण परेशानी झेल रहे दिहाड़ी मजदूरों और गरीब कामगारों के लिए कई लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं चंपावत में प्रशासन द्वारा अप्रवासी मजद्रों असहाय लोगों और उनके परिवारों के लिये भोजन की व्यवस्था की जा रही है साथ ही खाद्य सामग्री के पैकेटों को भी बांटा जा रहा है साथ ही संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के खाते में सरकार की ओर से हजार रुपये भी डाला जा रहा है प्लिस विभाग अपने कर्मचारियों से धनराशि इकट्ठा कर शारदा खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले मजद्रों और झ्ग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न सामग्री का किट वितरित कर रहा है उधर नई टिहरी में क्छ महिलाओं ने श्रमिकों और गरीब परिवारों के लिए मोहल्ले मोहल्ले में राशन इकट्ठा कर उन तक पहंचाने का काम श्रू किया है रोटी बैंक अल्मोड़ा अल्मोड़ा में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए रोटी बैंक स्थापित किया गया है इसके तहत एसडीआरएफ जिला प्रशासन द्वारा गरीबों और मजद्रों को वार्ड सदस्यों के जरिए चिन्हित कर घर घर भोजना उपलब्ध कराया जा रहा है प्रति दिन एक हजार से अधिक लोगों को स्वयं तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है भोजन बनाने में नगर के सभी धर्मों के स्वयंसेवी कार्यकर्ता जूटे हुए हैं

उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने बताया कि पांचों व्यक्तियों ने होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया